केन्द्रीय दल ने आज राजनांदगांव का दौरा कर कोरोना उपचार के लिए उपलब्य सुविघाओं का जायजा लिया प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि उनतीस अक्टूबर तक बढ़ाई गई मरवाही विधानसभा उपचुनाव के तहत डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य आज से शुरू हुआ प्याज कीमत केन्द्र सरकार प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए अनेक उपाय कर रही है उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया गया है मंत्रालय ने कहा है कि इस खरीफ मौसम के दौरान लगभग सैंतीस लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना है जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी इधर छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को उनके जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कलेक्टरों को जिले में प्याज की उपलब्यता आयात परिवहन और उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है साथ ही विक्रय स्थल पर प्याज का उपलब्ध स्टॉक और थोक विक्रय मूल्य की जानकारी प्रदर्शित करना जरूरी होगा वहीं प्याज के थोक और खुदरा बाजार भाव का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा गया है केन्द्रीय दल दौरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल ने आज राजनांदगांव शहर के कोविड अस्पतालों सहित अन्य उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया तीन सदस्यीय इस दल ने आज राजनांदगांव शहर के उदयांचल क्षेत्र में संचालित धर्मार्थ कोविड नाइंटीन केयर सेंटर का अवलोकन किया सदस्यों ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए कहा यह उच्च स्तरीय दल प्रदेश में कोरोना से बचाव की तैयारियों और प्रयासों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक सलाह भी देगा यह केन्द्रीय दल पिछले दो दिनों से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं इससे पहले इस दल ने बीते दो दिनों के दौरान रायपुर और दुर्ग में भी विभिन्न कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया था इस दल की प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा है कोरोना जागरूकता इस बीच छत्तीसगढ़ में त्यौहारों के इस मौसम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों कस्बों और गांवों में अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में मुंगेली जिले में स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है इसके तहत कविता नारा लेखन निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इन स्पर्धाओं से बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के प्रयासों से अवगत हो रहे हैं साथ ही वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों में साफ सफाई के प्रति जागृति लाने के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका भी निभा रहे हैं इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी तथा पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सबा अंजुम ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है इसके पहले प्रवेश लेने की अंतिम तिथि बाईस अक्टूबर थी कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण छात्र हित में यह निर्णय लिया गया है गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विद्यालयों के प्राचार्यो से कॉलेजों में प्रवेश ऑनलाइन क्लास परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा की थी इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सुझाव दिया था कि कॉलेजों में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि बढ़ाई जाए वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित शासकीय और निजी कृषि उद्यानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए बीएससी कृषि आनर्स तथा बीएससी उद्यानिकी आनर्स तथा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउन्सलिंग शुरू हो गई है इसके तहत कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय में रिक्त छह सौ संतानवे तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में रिक्त एक सौ उनतालीस सीटों के लिए काउन्सलिंग का आयोजन किया जा रहा है इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को आज से पच्चीस अक्टूबर तक काउन्सलिंग में शामिल होने के विकल्प का चयन करना होगा मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कस्बों और गावों में जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं भी ले रहे हैं इस उपचुनाव में अस्सी वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है इसके लिए डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य आज से शुरू हो गया है जो चौबीस अक्टूबर तक चलेगा गौरेला पेण्डा मरवाही के जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि डाक मतपत्रों के संग्रहण के लिए मतदान दलों का गठन किया गया है डाक मतपत्र से मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक दल में मतदान अधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ वीडियोग्राफर शामिल रहेंगे जो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे वहीं उप निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक जयसिंह ने कल बचरवार अमरपुर झाबल कुदरी और भाड़ी गांव के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया और वहां पेयजल रैम्प शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए इस बीच केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भीड़ से बचने के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है

उन्होंने पक्षकारों से प्रकरण के बारे में जानकारी ली वहीं आवेदक के साथ अनावेदक से भी सम्बंधित प्रकरण के संबंध में उनका पक्ष सुना सुनवाई के दौरान अट्ठाईस प्रकरण आयोग के समक्ष रखे गए थे सुनवाई के दौरान श्रीमती नायक ने कहा कि जिन प्रकरणों में जांच के लिए समिति गठित की गई थी उनके प्रतिवेदनों को भी संज्ञान में लिया गया है उन्होंने बताया कि पति पत्नी विवाद दैहिक शोषण मारपीट प्रताड़ना दहेज प्रताड़ना टोनही प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों पर भी सुनवाई की गई वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा कल राजनांदगांव जिले में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी भाजपा युवा मोर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कल रायपुर में एकात्म परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजेश मूणत सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे इससे पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में एक रैली निकाली इस दौरान युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री साहू का विभिन्न चौक चौराहों पर स्वागत किया गया माधव सिंह ध्रुव निधन प्रदेश के पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव का आज रायपुर में निधन हो गया वे धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र के रहने वाले थे कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री ध्र्व अविभाजित मध्यप्रदेश में जल संसाधन मंत्री और बाद में छत्तीसगढ़ में पहले अनुसूचित जनजाति मंत्री भी रहे राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री माधव सिंह ध्रुव के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है माओवादी मुठमेड़ बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुए मुठभेड़ में घायल महिला माओवादी की मौत होने की खबर है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया है कि यह मुठभेड़ पेद्दागल्लूर के जंगल में परसों हुई थी इस मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हुए थे वहीं एक माओवादी मारा गया था ट्रेन परिचालन कोरबा अमृतसर के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन आज से तीन नवम्बर तक मेरठ सिटी और अमृतसर के बीच रद्द रहेगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार किसान आन्दोलन के कारण यह निर्णय लिया गया है वहीं कल जम्मूतवी से छूटने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली और जम्मूतवी के बीच रद्द रहेगी

मौसम मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से अगले एक दो दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की सम्भावना है मौसम विभाग के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है अगले चौबीस घंटे में इस निम्न दबाव के और प्रबल होने की सम्भावना है इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने के भी संकेत हैं संक्षिप्त समाचार बस्तर दशहरा के तहत जगदलपुर में आज फूलरथ की पांचवीं परिक्रमा हो रही है पुलिस जवानों द्वारा माईजी को इकतीस तोपों की सलामी दी गई लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्यज साहू ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशियाई विकास बैंक परियोजना के के तहत स्वीकृत निपनिया लट्वा बलौदाबाजार मार्ग के उन्नयन और पुनर्निमाण कार्य का भूमिपूजन किया

इसका शुभारंभ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचन्द्र मेनन करेंगे इस शिविर में विभिन्न विधिक समस्याओं का निराकरण किया जाएगा राम वनगमन पर्यटन परिपथ लोगो डिजाईन प्रतियोगिता की प्रविष्टि के लिए अंतिम तिथि अट्ठाईस अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है प्रतिभागी पर्यटन मंडल की वेबसाइट से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राजनांदगांव जिले के सुरगी सिंघोला धामनसरा गांव के किसानों ने कृषि विधेयकों के विरोध में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस ने रेत के अवैध परिवहन में लगे चार वाहनों को जब्त किया है कोंडागांव जिले में पुलिस ने सतहत्तर किलो गांजें के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है

इसमें करीब दस हजार आठ सौ मीटरिक टन चावल का भंडारण किया जा सकेगा महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र में ऑनलाइन तरीके से क्रिकेट सट्टा खेलाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है